राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने अच्छी शिक्षा को राष्ट्र के पुनर्निर्माण की कुंजी बताया है उन्होंने आज सुबह पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया

उन्होंने कहा कि गुरूदेव ने हमें इस ढग से जीना सिखाया जिससे मनुष्य की अंतर्रात्मा संतुष्ट हो जाए गुरूदेव दर्शन शास्त्र साहित्य या इतिहास जैसे विषयों के साथ विद्यार्थियों का संगीत और चित्रकला जैसे रचनात्मक कार्यों में भी प्रशिक्षित करना चाहते थे उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद और राज्य विधायिकाओं में महिलाओं को पर्याप्त आरक्षण देकर उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की आवश्यकता पर बल दिया है

इस विश्व विद्यालय में दूरदराज के और कमजोर वगों के विद्यार्थी भी प्रवेश लेते हैं उप राष्ट्रपति ने इसे बड़े गर्व की बात बताया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश में शैक्षिक उत्कृष्टता का पर्याय बन गया है उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि हाल में इस विश्वविद्यालय को एन ए ए सी ने सर्वोच्च रैंकिंग ग्रेड ए दी है

बैठक के दौरान बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण के लिये निविदाओं पर मंत्रिपरिषद ने अपनी मोहर लगा दी

मंत्रि परिषद ने तहसीलों में स्टाम्प वेंडरों द्वारा पन्द्रह हजार रूपये तक के स्टाम्प बिक्री की सीमा को भी हटा दिया है राज्य में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी

सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि ऑनलाइन कांटेन्ट के क्षेत्र में आत्म नियमन जरूरी है ऑनलाइन कांटेन्ट फिल्म प्रमाणन और फिल्मांकन को आसान बनाने क विनियमन पर सेमिनार में उन्होंने यह बात कहीं इस सेमिनार का आयोजन पत्र सूचना कार्यालय न चेन्नई में किया है श्री खरे ने कहा कि आत्म नियमन की संहिता बनाने की जरूरत है सूचना और प्रसारण सचिव ने कहा कि भारत में बनाई जा रही फिल्मों के प्रति विश्व भर में गहरी दिलचस्पी ली जा रही है उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्म उद्योग सबसे अधिक रोजगार सूजन और राजस्व जुटाने वाले उद्योगों में से एक है मीडिया और मनोरंजन जगत बहुत तेजी से उभर रहे हैं और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र है

यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें काम के काफी अवसर हैं

भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे न्याय संगत विधि संवत और सर्व समावेशी बताया है आज लखनऊ में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सभी वर्ग इस निर्णय से सहमत है और विरोध में कोई आवाज नहीं आ रही उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य मंदिर बनना चाहिये यहां देश के साथ विश्व के लोग आये उन्होंने कहा कि अयोध्या का ऐसा विकास होना चाहिये जिससे यहां के लोगों को रोजगार के अवसर मिले एक प्रश्न के उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे को वह राजनीति से नहीं जोड़ते यह सांस्कृतिक मुद्दा है न्यायालय का निर्णय किसी की हार जीत नहीं है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

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात के लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शनिवार को अयोध्या में रामजन्म भूमि विवाद मामले में फैसला आने के बाद प्रदेश भर में कानून व्यवस्था कायम है प्रदेश में कही से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नही है पुलिस तथा प्रशासन लगातार चौकसी बरत रहा है और स्थिति सामान्य बनी हुई है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि अयोध्या मथुरा और वाराणसी जैसे संवेदनशील शहरों सहित समूचे राज्य में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है एक रिपोर्ट कल बारावफात के मौके पर वाराणसी लखनऊ सहित तमाम शहरों में अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से जुलूस निकाले गये अयोध्या में भी कल भव्य सरयू आरती हुई और कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए श्रद्धालू राम की नगरी पहुंचने लगे हैं पुलिस एतिहात बरत रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं

इस बीच राज्य में स्कूल आज लगातार तीसरे दिन भी बंद रहे

प्रदेश में कल कार्तिक पूर्णिमा और गुरू नानक जयन्ती के आयोजन के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है इस अवसर पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं पवित्र नदियों में कतकी स्नान की डूबकी लगाने के लिये श्रद्वालुओं की लगने वाली भारी भीड़ के मददेनजर घाटा पर बैरीकेटिंग कर जल पुलिस तथा गोताखोरों को लगाया गया है गुरूद्वारों को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया सवारा गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के लोक सम्पर्क एवं संचार ब्यूरो द्वारा गुरू नानक देव की पांच सौ पचासवीं जयन्ती प्रकाश पर्व पर वाराणसी में एक डिजिटल चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जो तेरह नवम्बर तक चलेगी इस प्रदर्शनी में नानक देव जी के जीवन आदर्शो और उनके उपदेशों के बारे में बताया गया है इस अवसर पर राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभ कामनाएं प्रेषित की है आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है प्रत्येक वर्ष ग्यारह नवम्बर को यह दिवस स्वतंत्र भारत के पहल शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है महान स्वतंत्रता सेनानी और विलक्षण प्रतिभा के धनी मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश की शिक्षा प्रणाली की आधार शिला रखने में महत्वपूर्ण योगदान है स्वयम् कार्यक्रम शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों सब तक पहुंच समानता और गुणवत्ता हासिल करने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण पहल है इस अवसर पर प्रदेश में श्री आजाद को याद करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जौनपुर के सरावां स्थित शहीद लाल बहादुर गुप्त स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धाजंलि दी गई वक्ताओं ने कहा कि श्री आजाद ने शिक्षा के लिये बहुत काम किया इसलिये उन्हें आधुनिक शिक्षा का निर्माता और शिल्पी भी कहा जाता है पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी एन शेषन का बीती रात चेन्नई में निधन हो गया

मतदाता फोटो पहचान पत्र शेषन द्वारा उठाये गए कई सुधारात्मक कदमों में से एक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शेषन के निधन पर शोक व्यक्त किया है एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि शेषन विलक्षण सरकारी अधिकारी थे प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव सुधारों की दिशा में शेषन के प्रयासों ने हमारे लोकतंत्र को और मजबूत और सहभागितापूर्ण बनाया है